रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद क्मार यादव ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि वे कोविड महामारी के खिलाफ इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें खंडवा में कल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य कार्यताओं और आशा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर लोगों को शपथ दिलाई और शपथ पत्र भरवाये वहीं विशेष महिला विधिक साक्षरता शिविर में अपर सत्र न्यायाधीश बीएल प्रजापति ने उपस्थित लोगों को कोरोना काल में बचाव के लिए अनुकूल व्यवहार का पालन करने की शपथ दिलवाई जिले में सावधानी में ही सुरक्षा है और मास्क पहनने हाथ धोने और दो गज की दूरी बनाये रखने के नारों के साथ यह अभियान चलाया जा रहा है जन आंदोलन अपील कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

त्यौहार दिशानिर्देश राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने आगामी त्यौहारों को देखते हए कोरोना के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं इनमें धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन और सामुदायिक कार्यक्रमों में कोरोना से बचाव के लिए सभी उपाय करने को कहा गया है आयुक्त स्वास्थ्य डॉक्टर संजय गोयल ने सभी कलेक्टरों और स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी गाईडलाइन में कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि आम नागरिक मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे इसके अलावा आयोजनों स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग और आईजीन के सभी उपाय किये जाने चाहिए

भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के प्रमुख नेता प्रचार में जुट गये हैं भाजपा के नेता पार्टी के मंडल सम्मेलनों के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहॅच रहे हैं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल करेरा में सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते देने जैसे कई वादे किये लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया केन्द्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थांवरचंद गेहलोत आज सुवासरा में चुनाव प्रचार के लिए पहॅचेंगे वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाटपिपलिया मंदसौर और आगर में सभाए ली

उन्होंने कहा कि हमने वचनपत्र में जो जो वादे किये थे उनको पूरा किया

वार्षिक रिटर्न भरना केवल दो करोड रुपये से ऊपर के वार्षिक टर्न ओवर वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है पांच करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्न ओवर के लिये समाधान विवरण जमा कराना होगा

इस अवसर पर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने अवसादमुक्त करने और तनाव दूर करने के संबंध में वर्चुअल माध्यम से संगोष्ठी और परिचर्चा जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे स्वास्थ विभाग के अधिकारियों ने भी मानसिक बीमारियों के संबंध में उपयुक्त सलाह और मार्गदर्शन लेने की लोगों से अपील की है खंडवा में जिले के हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर मानसिक रोगों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा डाक अभियान डाकघरों में नवाचार और नागरिक केंद्रित सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा

आज दो मैच खेले जाएंगे पहला मैच अब्धाबी में किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच तथा दूसरा मैच दुबई में चेन्नई सुपरकिंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के बीच खेला जाएगा

जिसमें अधिकारियों के साथ गणमान्य नागरिक शामिल होंगे